कल उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस से हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि रोगियों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने चाहिये ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों को तुरंत अस्पताल जाने को प्रेरित करने के लिये सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण के लिये योजना बनाई जानी चाहिए ताकि बिना किसी रुकावट के उनका उपचार किया जा सके इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे हर्षवर्धन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शीघ्र जारी होने वाले दूसरे सीरो सर्वेक्षण से संकेत मिले हैं कि भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए

उन्होंने कहा कि हालांकि इस समय दोबारा संक्रमण होने के मामले न के बराबर हैं फिर भी सरकार इससे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए विक्रमादित्य कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोविड केंद्रों में उपयुक्त संख्या में पीपीई किट और टेस्टिंग की सुविधा न होने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को तुरंत भरने की सरकार से मांग की

इस बीच आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कोरोना मरीजों को रोजाना जांचे वरिष्ठ चिकित्सक हिमाचल दस्तक का शीर्षक है कोविड वार्ड में लापरवाही हुई तो अस्पताल पर कार्रवाई दैनिक भास्कर के शब्द हैं वरिष्ठ चिकित्सक रोज करें कोरोना के मरीजों की स्वास्थ्य जांच आपका फैसला ने लिखा है कोविड मरीजों की जांच सुनिश्चित करें चिकित्सक अजीत समाचार की सुर्खी है वरिष्ठ चिकित्सक कोविड मरीजों की स्वास्थ्य जांच करें सुनिश्चित अटल टनल रोहतांग सील एसपीजी पहुंची शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है अब तीन अक्तूबर को लोकार्पण के बाद ही बहाल की जाएगी सुरंग दैनिक जागरण के मुताबिक पीएम से पहले लाहुली बुजुर्ग पार करेंगे अटल टनल हिमाचल पुलिस के नौ सौ जवान संभालेंगे लोकार्पण समारोह में सुरक्षा का जिम्मा

फर्जी गरीब बनने का खेल अब खत्म शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है बीपीएल सूचियां फाइनल करने से पहले लोग पहली बार दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां एनएचआई ही करेगा शिमला मटौर फोरलेन का निर्माण कार्य सीएम ने गडकरी से किया था आग्रह अमर उजाला की खबर है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के हवाले से आपका फैसला ने लिखा है अकाली दल का एनडीए से अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण